यह ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष से लागू होगी

यह जानकारी आज केन्द्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार ने दी गौरतलब है कि ब्याज दरों में कमी करने के फैसले पर श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेना होगी

कमलनाथ सरकार कांग्रेस ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है और उसे गिराने का भारतीय जनता पार्टी का षड़यंत्र विफल हो गया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी प्रवक्ता विवेक तन्खा तथा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र में लगभग पिछले छह साल से भाजपा सत्ता में है तब से प्रदेशों में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है फुलवारी प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के तीन वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने और उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए राज्य सरकार फुलवारी नाम से एक योजना शुरू करेगी

इनमें दिये जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता पर भी विशेष नजर रखी जायेगी

इस अवसर पर हम प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो प्रदेश में दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं

आज सिडनी में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया इसके बाद भारतीय टीम को अपने ग्रप में शीर्ष पर रहने के कारण फाइनल में जगह मिल गई भारत पहली बार दूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा है दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में ही खेला जा रहा है मेलबर्न में खेला जायेगा

वहीं शिवपूरी में भी जिला अस्पताल में कल कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया